कल शिमला में कांगड़ा प्रवास के बाद अधिकारियों से स्थिति का पूरा ब्यौरा लेने के बाद उन्होंने ये बात कही मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन करने को कहा है उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन या वर्चुअल माध्यम से ही काम करेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिंडल की बैठक आज शिमला में होगी इस दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने की संभावना है मोबाइल कनेक्टिविटी केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार सामरिक महत्व और सीमांत क्षेत्रों के गांवों में प्राथमिकता के आधार पर मोबाइल फोन कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी जिससे इन गांवों के निवासियों और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के जीवनस्तर में सुधार होगा

इस बीच प्रदेश में एक ही दिन कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत भी हुई है

राज्य के तीन राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित सौ से अधिक सड़कें बाधित हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं हालांकि आज प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए आज शिमला सिरमौर ऊना बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा मंडी और सोलन जिलों के कई इलाकों में भारी वर्षा व तूफान की चेतावनी जारी की है

पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में कोरोना से दो लोगों की मौत

आपका फैसला ने लिखा है वन मंत्री राकेश पठानिया के निजी सहायक भी संक्रमित हिमाचल में नहीं थम रहा कोरोना वायरस हिमाचल दस्तक ने लिखा है मुख्यमंत्री ने अपने दौरे टाले मंत्री बड़े कार्यक्रमों से बचेंगे कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा था पालन लीज पर जमीन लेकर हिमाचल में करोड़ों के निर्माण कर रहे बाहरी शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है राजस्व विभाग ने लिया संज्ञान मुख्यमंत्री को भी दी गई जानकारी अमर उजाला के मुताबिक मणिमहेश की पवित्र डल झील में आज होगा छोटा शाही स्नान कोरोना के चलते यात्रा में श्रद्धालुओं पर रोक कैबिनेट की बैठक आज राजस्व बढ़ोतरी पर सरकार ले सकती है कई अहम फैसले दैनिक भास्कर की खबर है दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल के पहाड़ों पर गरज रहा राफेल जबकि अमर उजाला का शीर्षक है चीन से सटी हिमाचल सीमा में राफेल भर रहा उड़ान मौसम पर दैनिक भास्कर का शीर्षक है ऊना धर्मशाला हमीरपुर कुल्लू में नुकसान आज भी बारिश का अलर्ट